कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

अब समाचार विस्तार से लखनऊ में इलाज के लिये भटक रहे कोरोना मरीजों को बड़ी राहत मिली है

मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ स्थित कैंसर अस्पताल का निरीक्षण कर अधिकारियों से व्यवस्थाओं का जायजा लिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों से आहवान किया है कि वह अपनी अपील और संदेशों के माध्यम से कोरोना के विरूद्ध संघर्ष में समाज को जागरूक करने का काम करे उन्होंने कहा कि ये समय अनावश्यक टिप्पणियां और भ्रम फैलाने वाली सूचनाओं के प्रसार का नहीं बल्कि एकजुट रहने का है

उन्होंने कहा कि खिलाड़ी रोल मॉडल के रूप में प्रोत्साहन का कार्य कर सकते हैं क्रिकेटर सुरेश रैना ने वर्चुअल संवाद में कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना स बचाव के लिये प्रदेश सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है बचाव सकर्तता सावधानी बहुत जरूरी है हॉकी खिलाड़ी अशोक ध्यानचन्द्र ने कहा कि कोविड से लड़ाई में संयमित जीवन शैली का बड़ा महत्व है हम सभी को योग प्रणायाम को दिनचर्या में शामिल करना होगा वहीं जिमनास्ट आशीष कुमार ने कहा कि खेल और योग से जुड़ना समय की आवश्यकता है

अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निदेश दिये है कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के कारण कही भी किसी श्रमिक ठेला रेहड़ी व्यवसायी दैनिक मजदूर व अन्य जरूरतमदों को भोजन की समस्या न हो इसके लिये सामुदायिक भोजनालय शुरू किये जायें कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा से इस संबंध में आवश्यक प्रयास करने को कहा गया है

स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहां के लिये मानव संसाधन की व्यवस्था कराई जा रही है इसी प्रकार लखनऊ और वाराणसी में डोआरडीओ के सहयोग से सभी सुविधाओं से युक्त नया कोविड अस्पताल भी तैयार किया गया है

श्री सहगल ने बताया कि कोविड संक्रमण से गांवों को सुरक्षित रखने के लिये कल से विशेष कोविड टेस्टिग अभियान शुरू हो रहा है उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये है कि सभी जिलों में एक एक ऑक्सीजन रिफिलर को होम आइसोलेशन के मरीजों को आपूर्ति करने के लिये नामित किया जाये और उन्हें जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन जरूर उपलब्ध कराई जाये

इनके अलावा पश्चिम बंगाल से भी टकर से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है

भारत सरकार द्वारा राज्य के लिये आवंटित ऑक्सीजन कोटा को देखते हुए उसके अधिकतम उठान के प्रयास निरन्तर जारी है केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी केन्द्रीय सहायता प्राप्त संस्थाओं से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मई में निर्धारित सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने को कहा है उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने संस्थाओं के प्रमुखों को लिखे पत्र में ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने को कहा है ऑनलाइन परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहें गी पत्र में यह भी कहा गया है कि जून के प्रथम सप्ताह में इस निर्णय की समीक्षा की जाएगी सभी संस्थाओं से पात्र व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने और इस संबंध में हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया है

परीक्षा इस महीने के अंत में होनी थी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट में कहा कि कोविड की वर्तमान स्थिति और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे आगे की जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें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

प्रदेश में कुछ दिनों से नये कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आ रही है जबकि डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़ रही है और रिकवरी दर भी बहतर हो रही है

उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड संबंधी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रणाली लागू की गई है सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण करते रहे हास्पिटल के बाहर भी भ्रमण करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके

केन्द्र सरकार ने प्रदेश के लिये रेमडेसिविर इंजेक्शन का दैनिक आवंटन भी बढ़ा दिया है सरकारी कोविड अस्पतालों में इंजेक्शन पूर्णतया निःशुल्क है उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि इस जीवन रक्षक दवा की मांग आपूर्ति और खपत का पूरा विवरण रखा जाये उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये हैं कि सभी जनपदों के सीएमओ यह सुनिश्चित करे कि कोविड अस्पतालों में एक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की जाये कि वह दिन में कम से कम एकबार मरीज के स्वास्थ्य की जानकारी उसके परिजनों को अवश्य दे यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू कराई जाये

कल जारी एक बयान में बताया गया है कि संस्था के लिये जारी ई पास कोरोना कर्फ्यू की सम्पूर्ण अवधि के लिये वैध होंगे जरूरतमंद आमजनों के लिये जनपदीय पास की वैधता एक दिन की होगी जबकि अन्तर जनपदीय पास की वैधता दो दिन की होगी चेकिंग के दौरान ई पास का सत्यापन क्यूआर कोड के माध्यम से पुलिस करेगी ई पास मात्र आवश्यक व कर्फ्यू अवधि में परिस्थितिजन्य कठिनाइयों के निराकरण के लिये जारी किये जायेंगे ई पास के आवेदन के लिये राहत आयुक्त कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है भारत सरकार के वन पर्यावरण और जलवायू परिवर्तन मंत्रालय ने बाघ तेंदुआ व बिल्ली प्रजाति के वन्य जीवों में कोविड संक्रमण फैलने की आशंका को लेकर देश के सभी टाइगर रिजर्व में पर्यटन बंद करने के आदेश दिए हैं इसी को लेकर पीलीभीत टाइगर रिजर्व के क्षेत्र निदेशक एवं बरेली वृत्त के वन संरक्षक जावेद अख्तर ने आदेश जारी करते हुए पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अग्रिम आदेश तक के लिए पर्यटन सम्बन्धी सभी गतिविधियां पूरी तरह से बंद कर दी हैं

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने न बताया कि केन्द्र सरकार राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के सहयोग से कोविड महामारी से लड़ाई का नेतृत्व कर रही है कई राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में दैनिक संक्रमित लोगों की बहुत अधिक संख्या और बढ़ती मृत्युदर के कारण स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे पर बोझ बढ़ा है अपर सचिव के नेतृत्व् में स्वास्थ्य मंत्रालय में प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जो अनुदान सहायता और दान के रूप में विदेशी कोविड राहत सामग्रो की प्राप्ति और आवंटन में समन्वय कर रहा है

इन श्रेणिया में बीआईपीएपी मशीन ऑक्सीजन कंसेनट्रेटर ऑक्सीजन सिलेंडर्स पीएसए ऑक्सीजन प्लॉट पल्स ऑक्सी मीटर रेमडेसिविर और पीपीई किट शामिल हैं